इस पहल को दुनिया के लिए अच्छा बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत के एक सौ तीस करोड़ लोग देश को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं श्री मोदी आज स्वामी चिद्भवानंदजी की श्रीमदभगवदगीता के ई संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे कोविड महामारी के दौरान देश के लोगों के साहस की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेजी से काम करते हुए स्वदेशी टीका विकसित किया उन्होंने कहा कि भारत के लिए गौरव की बात है कि यहां बने टीके दुनिया भर में जा रहे हैं श्रीमद्भगवदगीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा यह ज्ञान का सवसे बड़ा स्रोत है जिसमें विचारों का खजाना है उन्होंने कहा कि युद्व के दौरान दुनिया को श्रीमदभगवतगीता के रूप में बेहतरीन जीवन दर्शन मिला उन्होंने कहा कि गीता का मूल संदेश कर्म करना है जो हमारे दिमाग को खुला रखता है प्रधानमंत्री ने नौजवानों से आग्रह किया कि ये श्रीमदभगवतगीता के संदेश को अपनायें क्योंकि यह व्यावहारिक और भरोसेमंद है

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश भर में इन समारोहों की कवरेज के लिए विस्तृत योजना बनाई है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग और दूरदर्शन समाचार गुजरात में आयोजित उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए समी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं इस अवसर पर प्रदेश में चार स्थानों लखनऊ के काकोरी मेरठ बलिया और झांसी में विशेष आयोजन किए जाएंगे लखनऊ के काकोरी स्थित शहीद स्मारक पर कल होने वाले अमृत महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वयं भाग लेंगे

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए ब्रह्ममुहूर्त से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुयी है श्रद्वालु बेलपत्र मदार धतूरा और दुध व जल से शिवजी का अमिषेक कर रहे हैं मंदिर में श्रद्वाल्ऑ की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलामिषेक किया श्री योगी ने पीपीगंज भरोहिया के शिव मंदिर में भी भगवान शिव को जल चढा कर पुजा अर्चना की गोरखपुर के कुडाघाट स्थित झारखंडी शिव मंदिर और गोरखनाथ स्थित मानसरोवर मंदिर में भी व्रहममूहूर्त से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्वाल्ओं की भीड़ लगी है अयोध्या में भक्त प्रातःकाल से प्राचीन नागेश्वर नाथ क्षीरेश्वर नाथ चन्द्रहरि नागनाथ और लोरेश्वर महादेव मन्दिरों में शिवजी का जलाभिषेक कर रहे हैं बलरामपुर के झारखंडी मंदिर राजापुर जंगल में स्थित बाबा जंगली नाथ मंदिर और भारत नेपाल सीमा पर स्थित विमृतिनाथ मंदिर में श्रद्वाल ब्रहममुद्र्त से जलाभिषेक कर रहे हैं देवरिया के द्येश्वर नाथ मंदिर में भी भक्त आज भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिये बड़ी संख्या में उमड़े हैं कुशीनगर जिले में लोग सुबह से ही पवित्र नारायणी नदी में स्नान के लिये पहुंचना शुरू हो गये जिले के क्बेरनाथ शिव मंदिर में भी ब्रम्हमुहूर्त से ही भक्तों की भारी भीड़ है

उन्होंने प्रदेश में लक्षित समूहों की जांच पर विशेष वल देते कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें श्री योगी आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने बताया कि जिले में अभी भी अट्ठारह कन्टेनमेंट जोन हैं इन इलाकों में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दो सौ सत्ताईस घरों का सर्वे कर कोविड नमूनों की जांच की

द्र्घटना थाना एत्माउददौला की मण्डी समिति के पास उस समय हयी जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गयी सभी मृतक बिहार के गया के रहने वाले थे उधर मिर्जापुर जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में एक महिला और बच्ची समेत चार लोगों की मृत्य हो गयी और दो अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये पुलिस ने बताया कि दुर्घटना जिले के थाना मड़िहान क्षेत्र के गांव सूगापांख के पास एक अनियंत्रित ट्रक द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से हयी इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार एक बच्ची और महिला सहित तीन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी जबकि एक अन्य व्यक्ति की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुयी